बिहार सरकार के पुलों पर एक अप्रैल से नहीं लगेगा टोल टैक्स

झारखंड के द्मका कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाले के एक अन्य मामले में बिहार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह और सीबीआई के एएसपी ए के झा समेत नौ लोगों को आरोपी बनाया गया है सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने सभी को आरोपी बनाते हये समन जारी किया है साथ ही न्यायालय ने मुख्य सचिव और एएसपी के मामले में उनके संबंधित विभाग के अधिकृत अधिकारियों से अभियोजन स्वीकृति लेने का भी आदेश दिया है भभूआ विधानसभा क्षेत्र के सत्ताईस मतदान केंद्रों पर आज पूर्नमतदान कराया जा रहा है जिलाधिकारी राजेश्वर प्रसाद सिंह ने बताया कि भभुआ में विधानसभा की एक सीट के लिए हुये उप चुनाव में ईवीएम के वीवीपैट में खराबी के कारण सत्ताईस मतदान केंद्रों पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सके थे जिसके कारण पुर्नमतदान कराया जा रहा है वहीं अररिया लोकसभा और भभुआ तथा जहानाबाद विधानसभा सीट के लिए कल सुबह मतगणना का कार्य शुरू होगा और दोपहर तक सभी परिणाम आ जाने की सम्भावना है उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने विधान परिषद् में कहा है कि प्रदेश में जमीन का ऑनलाईन निबंधन और दाखिल खारिज की प्रक्रिया एक अप्रैल से शुरू हो जाएगी उन्होंने कहा कि सरकार जमीन के फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए कड़ी व्यवस्था कर रही है श्री मोदी ने कहा कि वर्ष उन्नीस सौ छियानवे से लेकर दो हजार छह तक जमीन के कागजात को अपलोड कर दिया गया है जिससे लोग राजस्व विभाग की वेबसाईट पर जा कर संबंधित जमीन की जानकारी ले सकते हैं प्रदेश के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि राज्य के किसानों को कृषि यंत्र बैंक की स्थापना के लिए सरकार अनुदान दे रही है उन्होंने कहा कि किसानों को किराये पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलों में कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की जा रही है राजधानी पटना के भवनों पर राज्य की सांस्कृतिक विरासत की तस्वीरों की थ्री डी पेंटिंग बनायी जायेगी स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले चरण में पटना जंक्शन और गांधी मैदान क्षेत्र के तीस भवनों का चयन किया गया है इन भवनों पर बौद्ध महावीर काल मौर्य कालीन संस्कृति और इतिहास तथा नालंदा के खंडहर के चित्र प्रदर्शित किये जायेंगे राज्य सरकार उत्तर प्रदेश और कर्नाटक की तर्ज पर चिकित्सा शिक्षा को नवीन स्वरूप देगी इसके लिए दोनों राज्यों के चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के काम काज का अध्ययन किया जा रहा है मिली जानकारी के अनुसार राज्य चिकित्सा शिक्षा निदेशालय को पुनर्गठित किया जायेगा और रिक्त पदों पर अधिकारियों की बहाली की जायेगी राज्य में लाईसेंसी हथियार रखने वालों पर प्राथमिकी दर्ज होने पर उनके हथियार का लाईसेंस रद्द कर दिया जायेगा सेंट्रल रेंज के डीआईजी राजेश कुमार ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुये कहा कि जिस व्यक्ति पर हत्या लूट और दूसरे संगीन मामले दर्ज होंगे उसके हथियार का लाईसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जायेगा पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि इस वर्ष एक अप्रैल से राज्य सरकार की पुलों पर लोगों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा श्री यादव ने विधानसभा में कहा कि इन पूलों से वर्तमान में प्रतिवर्ष लगभग अड़तीस करोड़ रुपये की वसूली की जा रही है मंत्री ने कहा कि निगम की ओर से बनाई गये पुलों में कई का निर्माण लागत टोल टैक्स के माध्यम से वसूला जा चुका है उन्होंने कहा कि पटना से आरा होते हुये सासाराम तक फोर लेन सड़क बनायी जायेगी यह ईस्ट वेस्ट कोरिडोर से पटना को जोड़ने वाला चौथा राजमार्ग होगा पटना में मेट्रो रेल के स्वरूप को लेकर लोगों से ऑनलाईन सुझाव मांगा गया है मेट्रो सर्वे टीम के नोडल पदाधिकारी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि घर घर जा कर सर्वे किया जा रहा है साथ ही अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी इसमें हो इसलिए ऑनलाईन सुझाव भी मांगे गये हैं राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों में आज मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के अन्तर्गत शिविर लगाया जा रहा है शिविर में आर्थिक हल युवाओं को बल कार्यक्रम के तहत चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी जायेगी इस दौरान छात्रों को व्यक्तितव विकास अंग्रेजी भाषा ज्ञान और कम्प्यूटर संबंधी जानकारी मिलेगी इस्टर्न स्टेट हेमन ट्राफी बी डिवीजन के खेले गये मैच में अररिया मुंगेर और वैशाली की टीमों ने अपने अपने मैच जीत लिये हैं जबकि औरंगाबाद की टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है प्रतियोगिता के तीसरे दिन आज अरवल का मुकाबला जहानाबाद से सीतामढ़ी का मुकाबला वैशाली से पूर्णिया का मुकाबला अररिया से और जमुई का मुकाबला लखीसराय की टीम से होगा सीवान जिले के जीरादेई प्रखंड के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय सुरवल के दो छात्रों का चयन राज्य स्तरीय कबड्डी टीम के लिए किया गया है भोजपुर जिले के सहार थाना क्षेत्र के पेउर सहार गांव के बीच जीप और मोटरसाईकिल के बीच टक्कर में वार्ड पार्षद समेत दो लोगों की मौत हो गयी जबकि छह से अधिक लोग घायल हो गये अरवल जिले में एक सड़क दुर्घटना में नगर परिषद् के वार्ड नंबर सात के सदस्य की मौत हो गयी जबकि दो लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी धर्मेद्र सिंह ने पारू बीडीओ रत्नेश कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश एसएसपी विवेक कुमार को दिया है रोहतास जिले में पुलिस ने तेरह लाख रूपये की लूट की घटना के मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है

राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस की व्रद्धि दर्ज की गयी है मौसम विभाग ने पटना गया औरंगाबाद भागलपुर मुजफ्फरपुर सहित आस पास के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में अगले दो दिनों में और वृद्धि की सम्भावना जतायी है सप्ताहिक प्र्वानुमान में कहा गया है कि कल तक भागलुपर का तापमान सैंतीस डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है इसके साथ ही सोलह मार्च को प्रदेशभर के औसत तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की कमी होने का भी अनुमान जताया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने चारा घोटाला मामले की खबर को सुर्खी देते हुये लिखा है एक अन्य मामले में मुख्य सचिव समेत नौ आरोपी दैनिक जागरण ने राज्यसभा चुनाव के बारे में शीर्षक दिया है दोनों गठबंधनों को तीन तीन सीटें दैनिक भास्कर ने काठमांडू एयरपोर्ट पर बांग्लादेश का प्लेन क्रैश उनचास की मौत को पहली बड़ी खबर बनाया है जबकि प्रभात खबर ने नियोजित शिक्षकों के वेतन मामले को शीर्षक देते हुये लिखा है कि विशेष परीक्षा पास करने पर ही बढ़े वेतन दैनिक आज ने नेपाल में विमान हादसा पचास मरे को पहली खबर बनाया है इसके साथ ही अखबारों ने कुछ अन्य खबरों को भी पहले पन्ने पर जगह दी है हिन्दुस्तान ने काशी पटना जनशताब्दी को पीएम ने दिखाई झंडी दैनिक जागरण ने आरटीआई एक्टिविस्टों पर छह सौ फर्जी मुकदमें प्रभात खबर ने पैंतीस हजार किसानों का आंदोलन समाप्त वन भूमि पर मिलेगा अधिकार को प्रकाशित किया है

बिहार सरकार के पुलों पर एक अप्रैल से नहीं लगेगा टोल टैक्स